कई अहम विधेयक हुए पारित

मौसम में बदलाव का दौर जारी कहीं लोगों को ठण्ड से मिली राहत तो कहीं बारिश और ओले ने बढ़ाई सर्दी

राज्यसभा ने बिना किसी बहस के आज इसे मंजूरी दे दी लोकसभा इस विधेयक को पिछले सत्र में पारित कर चुकी थी विधेयक के अंतर्गत कृष्ठ रोगियों के अधिकारों को बनाये रखने की व्यवस्था है क्योंकि इस बीमारी का इलाज हो सकता है

मोदी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि बहुमत वाली सरकार के कारण भारत ने विश्व में एक उत्कृष्ट स्थान हासिल किया है मौजूदा लोकसभा के अंतिम सत्र के अंतिम दिन अपने संबोधन में श्री मोदी ने कहा कि बहुमत की सरकार न होने के कारण देश ने पिछले तीस वर्षों में बहुत कुछ सहा है

प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत का आत्मविश्वास अब तक के अपने चरम पर है जो कि एक सकारात्मक लक्षण है उन्होंने कहा कि जब पूरी दुनिया वैश्विक तपन पर चर्चा कर रही है भारत ने इस संकट से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का गठन करके एक अहम कदम उठाया है

उन्होंने कहा कि इसी लोकसभा में भ्रष्टाचार और काले धन के खिलाफ कड़े कानून के साथ साथ वस्तु और सेवा कर जैसे महत्वापूर्ण कानून बनाए गए

यहां के रेलवे इंस्टीट्यूट मैदान पर श्री मोदी की सभा होगी

प्रधानमंत्री के दौरे को देखते हए प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी है मुख्य सचिव एस आर मोहंती ने कल वीडियो कान्फ्रेंसिंग द्वारा श्री मोदी की यात्रा के संबंध में सुरक्षा और अन्य प्रशासनिक व्यवस्थाओं की समीक्षा की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

अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी संदीप यादव ने भोपाल में स्वीप पार्टनर्स की बैठक में ये जानकारी दी उन्होंने कहा कि प्रत्येक कार्यालय में कर्मचारियों को मतदाता के रूप में पंजीकरण कराने के लिये प्रोत्साहित किया जाये

कार्यकर्ता पार्टी समर्थक और लाभार्थियों के घरों में कमल दीप प्रज्ज्वलित होंगे

लोकसभा चुनाव की दृष्टि से इस आयोजन को लेकर कार्यकर्ता तैयारियां में जुटे है कार्यक्रम में सांसद विधायक जनप्रतिनिधिगण पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहेंगे

राजस्व न्यायालयों में लोक अदालत के माध्यम से पारित आदेशों पर अमल की प्रक्रिया और पक्षकारों को नकल देने की कार्यवाही की जाएगी

कार्यक्रम का आगाज संगीता गोस्वामी ने अपने साथियों के साथ मंगलाचरण की प्रस्तृति से की

स्मार्टसिटी समीक्षा सागर में चल रहे स्मार्ट सिटी योजना के कार्यो की विस्तृत समीक्षा की गई परिवहन मंत्री गोविन्द सिंह राजपूत और वाणिज्यिक कर मंत्री बुजेन्द्र सिंह राठौर ने कल सागर में स्मार्ट सिटी योजना के तहत किये जा रहे कार्यो की समीक्षा की वहीं आज अनूपपुर कलेक्टर ने मिनी स्मार्टसिटी योजना की समीक्षा के दौरान कहा कि धार्मिक और पर्यटन नगरी के रूप में अमरकंटक को विकसित कर क्षेत्र के लोगों के जीवन में सकारात्मक आर्थिक सुधार लाना आवश्यक है अंशकालिक संवाददाता आकाशवाणी भोपाल के प्रादेशिक समाचार एकांश द्वारा अंशकालिक अनुबंध के आधार पर इन्दौर मंदसौर रतलाम बालाघाट मंडला और निवाड़ी जिलों में संवाददाताओं के लिये आवेदन आमंत्रित किये गये हैं अंशकालिक संवाददाता पीटीसी के लिए आवेदक के पास पत्रकारिता की डिग्री या डिप्लोमा और पत्रकारिता में कम से कम दो वर्ष का अनुभव होना चाहिए

आवेदन पत्र आकाशवाणी भोपाल से भी प्राप्त किये जा सकते हैं

यह अवार्ड भारत सरकार के शहरी एवं आवास मंत्रालय द्वारा दिये जाते हैं नगरीय विकास और आवास मंत्री जयवर्द्वन सिंह ने इस उपलब्धि के लिए भोपाल और उज्जैन स्मार्ट सिटी के स्टॉफ को बधाई दी है मौसम प्रदेश में पिछले चार दिन से पड़ रही कड़ाके की ठंड से लोगों को थोड़ी राहत मिली है दिन में तेज धूप की वजह से तापमान में इजाफा हुआ है हालांकि भोपाल समेत राज्य के कई जिलों में रात में अभी भी ठंडक महसूस की जा रही है प्रदेश में कल सबसे कम तापमान खजुराहो में पांच डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया मंदसौर में आज बारिश के साथ ओले गिरने से मौसम में ठण्डक आ गई है खण्डवा में आज लोगों को ठण्ड से थोड़ी राहत मिली है जिले में कल के मुकाबले आज तापमान में बढ़ोत्तरी दर्ज की गई है मौसम विभाग ने हवाओं रूख दक्षिणी होने से दिन और रात के तापमान में बढोत्तरी होने का अनुमान जताया है मौसम विभाग के अनुसार कल से मौसम में फिर बदलाव हो सकता है यहां प्रदेश के कई जिलों में बारिश के साथ ओले गिर सकते हैं